आईआरसीटीसी रेलवे टेंडर घोटाला मामले में दिल्ली की अदालत ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित चौदह लोगों को नोटिस जारी किया है अदालत ने इस मामले में कोन्द्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की ओर से दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए चौदह लोगों को समन जारी कर इकतीस अगस्त को अपना पक्ष रखने को कहा है गौरतलब है कि आईआरसीटीसी के दो होटलों का ठेका निजी कंपनियों को देने के मामले में सीबीआई ने सोलह अप्रैल को आरोप पत्र दाखिल किया था जांच एजेंसी ने पिछले वर्ष जुलाई में पटना सहित आरोपियों के बारह ठिकानों पर छापेमारी की थी मुजफ्फरपुर के चर्चित नवरूणा हत्याकांड मे जेल में बंद छह आरोपियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने जमानत दे दी है केन्द्रीय जांच एजेंसी इन आरोपियों के खिलाफ निर्धारित नब्बे दिन के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं कर सकी थी इस कांड में यह दूसरी बार हुआ है कि नब्बे दिन के भीतर सीबीआई आरोप पत्र नहीं दाखिल कर सकी इससे पहले भी एक आरोपी को अदालत से जमानत मिल चुकी है गौरतलब है कि वर्ष दो हजार बारह में नौवीं कक्षा की छात्रा नवरूणा का उसके घर से अपहरण कर लिया गया था और बाद में उसकी हत्या कर दी गयी थी सीबीआई ने राज्य सरकार की सिफारिश पर दो हजार चौदह में इस मामले की जांच शुरू की थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ दिया जायेगा श्री कुमार ने कहा कि इस संबंध में शिक्षा विभाग को कमिटी गठित करने का निर्देश दिया गया है श्री कुमार ने पटना में नवसूजित पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य में विश्वविद्यालयों की संख्या जल्द ही बढ़कर सताईस हो जायेगी उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक पांच नये निजी विश्वविद्यालय भी कार्यरत हो जायेंगे गौरतलब है कि मगध विश्वविद्यालय के पच्चीस कॉलेजों को सम्मिलित कर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का गठन किया गया है इसमें पटना के अलावा नालंदा के भी कॉलेज शामिल हैं विश्वविद्यालय के स्थापना के लिये राज्य सरकार ने तीन सौ करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की है मुजफ्फरपूर बालिका गृह यौन शोषण कांड की जांच करने पहुंची सीबीआई की टीम ने आज शहर में कई क्षेत्रों का दौरा किया सीबीआई के पुलिस अधीक्षक जेपी मिश्रा के नेतृत्व में तीन दलों ने मामले की जांच शुरू कर दी है सीबीआई के जांच दल ने शहर में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से अब तक के अनुसंधान के बारे में जानकारी ली जांच दल बालिका गृह पर भी गया लेकिन इसके सील रहने के कारण परिसर के भीतर निरीक्षण नहीं हो सका सूत्रों ने बताया कि सीबीआई जेल में बंद आरोपी ब्रजेश ठाकुर के एनजीओ की निदेशक मधु कुमारी की जोर शोर से तलाश कर रही है इस मामले में अब तक दस लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है इधर जन अधिकार पार्टी के प्रमुख और सांसद पप्पू यादव ने पूरे मामले की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने की मांग की है उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अदालत में इस संबंध में याचिका दाखिल करेगी कटिहार जिले में कोढ़ा के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जयप्रकाश दास को निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तारी के बाद उससे बीस हजार रूपये की राशि भी बरामद की गयी है आरोपी पदाधिकारी एक नियोजित शिक्षक से उसके तबादले के लिये रिश्वत ले रहा था विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार के जरिये एक लोकसेवक के बारे में निजी जानकारियों को हासिल करने के क्छ लोगों के दावों को खारिज किया है प्राधिकरण ने एक बयान में कहा है कि इस प्रकार की बातें विश्व के सबसे बड़े विशिष्ट पहचान परियोजना आधार की छवि धूमिल करने के लिये फैलायी जा रही है प्राधिकरण ने लोगों से इस प्रकार के भ्रामक प्रचार और गुमराह करने वाले तत्वों से सावधान रहने की अपील की है अधिकारिक बयान में यह भी कहा गया है कि आधार डेटा बेस पूरी तरह सुरक्षित है और पिछले आठ वर्षों में कभी इस पर आंच नहीं आयी है केन्द्र सरकार ने आज कहा कि सर्वशिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों के लगभग बीस लाख पदों में से चार लाख से अधिक पद रिक्त हैं मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री उपेन्द्र कुशवाहा ने आज लोकसभा में कहा कि सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिये कहा गया है उन्होंने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति सेवा शर्त और उनकी पदस्थापना राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए पूर्व सांसद पुतुल सिंह राज्य के पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी नीतीश मिश्रा और पार्टी नेता अनिल शर्मा को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है वहीं विधायक जिवेश मिश्रा और मनोज शर्मा को पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है इसके अलावा पांच लोगों को प्रदेश मंत्री मनोनीत किया गया है शिक्षक पात्रता परीक्षा में फर्जीवाड़ा कर फेल अभ्यर्थियों को पास कराने के मामले की जांच कर रही एसआईटी ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है इस मामले में अब तक सात लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है एसआईटी ने जानकारी दी है कि इस फर्जीवाड़े में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कई लिपिक और सहायकों की संलिप्तता सामने आयी है मौसम विभाग ने दो अगस्त तक प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है राज्य के पश्चिमी इलाकों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के ऊपर बने चक्रवाती दबाव और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बने कम दबाव के कारण मध्यम से भारी बारिश हो रही है पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के अलग अलग हिस्सों में चार सेंटीमीटर से उन्नीस सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गयी है सबसे अधिक उन्नीस सेंटीमीटर बारिश बक्सर में रिकार्ड की गयी इधर लगातार हो रही बारिश के कारण प्रदेश की अधिकतर नदियां उफान पर हैं गंगा सोन पुनपुन घाघरा और गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है गंगा नदी का जलस्तर पटना के दीघा घाट और हाथीदह घाट में खतरे के निशान से ढाई मीटर नीचे है वहीं महानंदा कोसी अधवारा समूह बागमती और ब्रढ़ी गंडक नदी का जलस्तर कृछ स्थानों पर खतरे के निशान के आसपास बना हुआ है प्रदेश में पिछले अड़तालीस घंटों के दौरान बारिश के कारण अलग अलग हादसों में दस लोगों की मौत हो गयी पुलिस सूत्रों ने बताया कि बेगूसराय जिले में तीन जबकि कैमूर जिले में दो लोगों की मौत हो गयी वहीं अन्य पांच जिलों में एक एक व्यक्ति की मौत की खबर है आज सावन की पहली सोमवारी है इस अवसर पर राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही श्रद्वालुओं की भीड़ देखी जा रही है मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर सोनपुर के हरिहरनाथ सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ दरभंगा के कुशेश्वर स्थान और मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान मंदिरों में इस अवसर पर श्रद्वालुओं ने विशेष पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया हमारे संवाददाता ने बताया कि पूर्वी चंपारण के अरेराज और सीतामढ़ी जिले के हसेश्वरनाथ और नागेश्वर नाथ मंदिर में राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों से आये श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की जमुई जिले के सोनो थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनो चकाई मार्ग पर पूलिस ने एक वाहन से बत्तीस सौ पाउच विदेशी शराब बरामद किया है शेखपुरा में पुलिस और उत्पाद विभाग ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर पच्चीस लीटर शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है वहीं कटिहार जिले के सहायक थाना क्षेत्र स्थित इमरजेंसी कॉलोनी से सात लीटर विदेशी शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है कटिहार जिले के प्राणपूर थाना क्षेत्र अंतर्गत बस्तौल में ग्यारह हजार वोल्ट के तार की चपेट में आने से एक चौदह वर्षीय लड़की की मौत हो गयी वहीं शेखपुरा के अरियरी प्रखंड के गोहदा गांव में करंट लगने से छह वर्षीय एक बच्ची की मौत हो गयी अररिया नगर थाना क्षेत्र के बनगामा में पुलिस ने एक चाय दुकान से बीस बोतल नशीला सिरप जब्त किया है बिहार सैन्य पुलिस के महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने आज समस्तीपुर जिले के सिंधिया में आयोजित कार्यक्रम में लोगों से नशा मुक्त समाज बनाने में अग्रणी भूमिका निभाने की अपील की